केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने लखनऊ में कल दो सौ अस्सी करोड़ रूपये की लागत के दो फ्लाईओवर परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अधिकारियों की टीम गठित कर प्रदेश के सभी गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा है कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें केंद्र सरकार ने उन राज्यों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करने को कहा है जहां से कोविड के मामलों में वृद्धि और इनसे होने वाली मौतों के मामले दर्ज किए जा रही है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल समी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की बैठक में यह कहा गया कि टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में हाल ही में कोविड मामलों में वृद्वि दर्ज की गई है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने के साथ ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे सहित स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव पड़ेगा बैठक के दौरान राज्यों में अस्पताल वार होने वाली मृत्यु की समीक्षा उचित रणनीति तैयार करने अस्पतालों में देर से प्रवेश संबंधी चिंताओं को दूर करना और राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश राज्यों को दिया गया है इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कार्य योजना बनाने चौबीस घंटे चलने वाले आपात केन्द्र और सूचनाओं की समयबद्व आदान प्रदान पर जोर दिया गया है और साथ ही प्रतिदिन होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को और मजबूत करने की सलाह राज्यों को दी गई है बैठक के दौरान दवाई भी और कड़ाई भी के संदेश को और उजागर करने की सलाह राज्यों को दी गई है इसके अलावा सभी पात्र लामार्थियों के टीकाकरण के लिए समयबद्व योजना तैयार करने के बारे में भी सलाह दी गई है राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे लगातार कोविड नमूनों की जांच बढ़ाएं ताकि संक्रमण पांच प्रतिशत या उससे नीचे रहे इसके अलावा आरटी पीसीआर परीक्षणों को सुनिश्चित बनाए संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कन्टेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है कोविड मामलों में वृद्धि की रिपोर्टिंग प्रत्येक जिले में प्राथमिकता वाले आयु वर्गो के लिए टीकाकरण राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को योग्य स्वास्थ्य देखमाल श्रमिकों अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पात्र आयु वर्ग के शत प्रतिशत टीकाकरण की समयबद्व योजना की भी सलाह दी गई थी इसके अलावा पर्याप्त वैक्सीन की खुराक सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तालमेल स्थापित किया जाए बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड की वर्तमान स्थिति पर जानकारी दी सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कोविड के कारण प्रभावी व्यवहार परिवर्तन के तरीकों पर चर्चा की प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को ग्यारह अप्रैल तक बन्द रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य होगा श्री योगी ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का अनिवार्य उपयोग सेनेटाइजेशन का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाय उन्होंने निगरानी समितियों को सक्रिय करने के साथ साथ सर्विलान्स सिस्टम को प्रमावी बनाने के लिए भी कहा है उन्होंने कहा कि त्यौहारों और पंचायत चुनावों के लिए दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं ऐसे में गॉवों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाय मुख्यमंत्री ने लखनऊ कानपुर मेरठ वाराणसी प्रयागराज गाजियाबाद तथा आगरा में विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जनपदों में एल टू एल थ्री बेडों की संख्या बढ़ायी जाय कोरोना टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब टीकाकरण के कार्य को तेजी से बढ़ाना होगा इसके लिए हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स पर भी टीकाकरण हो रहा है केन्द्रीय रक्षामंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने कल लखनऊ में दो सौ अस्सी करोड़ रूपये की लागत के दो फ्लाईओवर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस मौके पर योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे विकासनगर स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टेढ़ी पुलिया चौराहे पर फ्लाईओवर बनने से लोगों को यहां लगने वाले भारी भरकम जाम से निजात मिलेगी

इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि लखनऊ से कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे दो हजार बाईस तक बनकर तैयार हो जायेगा इस एक्सप्रेस वे के बनने से लखनऊ से कानपुर की दूरी आधे घण्टे में तय की जा सकेगी उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय कई बड़े काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है उन्होंने कहा कि जिन राज्यों का जिक्र कभी बीमारू राज्य के रूप में किया जाता था उनका उल्लेख आज विकास के लिए किया जा रहा है

श्री गडगरी ने प्रदेश में सात हजार दो सौ पचास करोड़ रूपये की छः सौ अस्सी किलोमीटर लम्बी इक्कीस नयी सड़क परियोजनाओं की मी घोषणा की समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढॉचे का विकास तेजी से किया जा रहा है राज्य में इस समय कई एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है मुख्यमंत्री ने आखस्त किया कि केन्द्र सरकार प्रदेश में विकास के जो भी कार्य करेगी राज्य सरकार उसमें अपना पूरा सहयोग देगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अधिकारियों की टीम गठित कर प्रदेश के सभी गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा है गेहूं क्रय केन्द्रों पर एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री ने गेहूं क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन की खरीद की समीक्षा करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि लघ् और सीमान्त किसानों से गेहूं की खरीद के लिए सप्ताह में तीन दिन आरक्षित किये जाय और इन किसानों के लिए गेहूं क्रय केन्द्रों पर ऑन द स्पाट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से रखी जाय मुख्यमंत्री ने आबकारी तथा पुलिस विभाग से अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल उनके आवास पर आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के चेंचू आदिवासी बच्चों के एक दल ने मेंट की चेंचू आदिवासी बच्चों का यह दल हिमालयन एक्सपेडीशन पर निकला है मुख्यमंत्री ने इस दल को उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान रहने खाने से सम्बन्धित सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं इन्होंने विगत छः फरवरी दो हजार इक्कीस को अपने जनपद से यह अमियान शुरू किया था यह दल नागार्जुन सागर हैदराबाद नागपुर मैहरदेवी सतना वाराणसी प्रयागराज अयोध्या होते हुए बद्रीनाथ जा रहा है